एक राष्ट्र एक चुनाव के मुददे पर आज प्रधानमंत्री नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पढ़े लिखे होने की बाध्यता हुई खत्म

आज सदन में उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ

उनके निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए यह उम्मीद जताई कि श्री बिड़ला ना केवल सदस्यों को अनुशासित करेंगे बल्कि अनुप्रेरित भी करेंगे श्री मोदी ने ओम बिड़ला द्वारा किए जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में जानकारी दी और कहा कि उनके जैसे संवेदनशील व्यक्ति की अध्यक्षता में यह सदन देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में सक्षम होगा

बैठक की कार्यसुची में संसद की उपयोगिता बढ़ाने और देश के विकासशील जिलों की प्रगति के बारे में भी चर्चा होगी प्रधानमंत्री ने कई बार एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर सहमति जताई है पिछले साल मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने इस विचार पर बहस को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताया था उन्होंने कहा था कि देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी

अजमेर के जिला कलक्टर ने इसकी तैयारियों के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये हैं योग दिवस के सिलसिले में प्रदेश के अन्य जिलों में भी तैयारियां जोरों पर है प्रतापगढ़ में योग दिवस की पूर्व तैयारियों को लेकर आज जिला न्यायालय परिसर में योगाभ्यास करवाया गया जिसमें बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों वकीलों और पक्षकारों ने योगाभ्यास किया

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

अब इसके लिए आठवीं पास होने की अनिवार्यता नहीं होगी गौरतलब है कि इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आठवीं पास होना जरूरी था

मुख्यमंत्री कल श्री कोठारी के आवास पर पहुंचे और उनकी पार्थिव देह पर श्रद्धासुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री श्री कोठारी की अंतिम यात्रा में भी शरीक हुए गौरतलब है कि मिलाप कोठारी का कल जयपूर में निधन हो गया था उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलेट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अनेक नेताओं ने शोक प्रकट किया है

ये राशि परिवादी की कच्चे पत्थरों से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली छोड़ने की एवज में मांगी गई थी

मौके से चार सटोरिये भाग निकले पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

ये चारों युवतियां नदी के किनारे मिट्टी खोद रही थीं तब ये हादसा हआ पुलिस मामले की जांच कर रही है

परीक्षा के प्रवेशपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं

इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है

चित्तौडगढ़ जिले में कल हुई बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया

चित्तौडगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई वर्षा से जिले में नदी नाले उफान पर आ गए बांधों और तालाबों में पानी की आवक शुरू हो गई है बरसात से शहर के कई क्षेत्रों में पानी भर गया वहीं कपासन मार्ग पर एक निजी ट्रेवल्स की बस का टायर फट गया यात्रियों को बचाव अभियान चलाकर निकाला गया बूंदी जिले में भी मध्यम दर्जे की बरसात का दौर जारी है

बांसवाड़ा में कल रात तेज बारिश हुई इस बीच झालावाड़ में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा